कोविड महामप्री के खिलफ्र देश एकज्ट होकर लड़ रह है

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने के चरण में पहंच च्की है उन्होंने कह कि सरकप्र पूरे देश में इसकी तेजी से पूर्ति करने के प्रयप्त कर रही है

डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि देश ने पिछले एक साल के दौराम कोविड महामप्री का मजबूती से म्काबला किया है जिसके काप्रण देश भर में इसके मामलों में लगाप्ताप्र कमी हो रही है

उत्तराखंड के सभी जिलों में भी पर्वाभ्याप्त की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

पौड़ी जिले में कोरोन वैक्सीनेशन और इप्ट रन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की

टीकाक्ररण को लेकर भी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं

मख्य न्यायाधिपति शपथ राज्यपान बेबी रामी मौर्य ने राजभवन में उतराखण्ड के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस थ रएस चौहाम को पद की शपथ दिलायी म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने राष्ट्रपति द्वारा जारी म्ख्य न्यायाधिपति जस्टिस चौहाम की स्थामांसरण की अधिसूचन पढ़ी इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रामत और विधामसभ अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे महाकृभ तैयारियां हरिद्वाप्त कृंभ को लेकर चल रही तैयारियों के बीच मकर संक्रांति के पर्व पर स्नाम को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है

मेलाधिकारी ने बताया कि क्म्भ मेले के लिए कई शौचान्नयों का निर्माण कराया गया है

प्लिस मह निदेशक ने बताय कि बैठक में पसी विचाप विमर्श के बाद्द फरवरी के मध्य में परीक्ष थ योजित करने पर सहमति बनी इसके बाद्म सीधी भर्ती की प्रक्रिया श्रू करने पर सहमति बनी है

कल राम हई इस घटना में एक महिला को भी मामूली चोट थ यी है

अब बदरीनाथ धाम की यामा निर्बाध हो सकेगी जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानियों से निजाप्त मिलेगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह राम्रत ने कहा कि राज्य सरकार चार्रधाम याम्रा को सुगम बनामे के लिए तत्पर है लामबगड़ स्लाइड जोन बदरीनाथ याप्राध में बड़ी बाध्या थथा इसके ट्रीटमेंट को ईमामदप्री से पूरी कोशिश की गई जिसके परिणाम सभी के सामने हैं

हल्की सी बारिश में ही पहांच से भारी मलब सड़क पर जामे से हर साल बदरीनाथ धाम की याम अक्सर बाधित होने लगी